आज देश के पहले सी डी एस का पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि सी डी एस को सौंपे गये कार्यभार के अनुसार एकीकरण बढ़ाना और बेहतर संसाधन प्रबंधन उनकी प्राथमिकता होगी जनरल रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों को तालमेल और एकीकरण के ज़रिये मज़बूत किया जाएगा सी डी एस तीनों सेनाओं के लिए निष्पक्ष रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभालने पर जनरल बिपिन रावत को बधाई दी है उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की अवमानना याचिका मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कल इस मामले की सुनवाई में नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है आंगनबाडी कार्यकर्ता एव सहायिका एकता संघ की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उनसे अपने कार्य के साथ ही विभाग द्वारा अन्य कार्य कराए जा रहे हैं

गौवंश को सतत चारा आपूर्ति के उद्देश्य से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से चारा उत्पादन के लिये उपयुक्त वन क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संयुक्त वन प्रबंधन चितरंजन त्यागी ने बताया कि वन विभाग द्वारा गौ शालाओं के लिये स्थल का चयन उस क्षेत्र में उपलब्ध अनाश्रित गौ वंश के आधार पर किया गया है अनाश्रित गायों को आश्रय मिल जाने से उन्हें उपचार और आहार की सुविधा मिलेगी साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी

उन्होंने कहा कि ओरछा को विकसित पर्यटन केन्द्र बनाया जाएगा उन्होंने बताया कि ओरछा की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिये आगामी मार्च माह में भव्य ओरछा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका गोयल ने बताया कि यह कार्यक्रम जिले की सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने और जिले में पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है

अधिकतर जिलों में बारिश होने से तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ गई साल के आखिरी दिन प्रदेश के मंडला जिले में हुई बारिश आज भी रूक रूक कर जारी है उमरिया जिले में भी बारिश और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है सिवनी जिले में कल रात से ही ब्रंदाबांदी हो रही है जिसके चलते किसानों की फसल खराब होने से नुकसान होने की संभावना है

इस दौरान गायन नृत्य लघु फिल्म की प्रस्तुति होगी